उन्होंने विपक्ष से नागरिकता संशोधन अधिनियम पर लोगों को ग्मराह न करने का अनुरोध किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारत अफ्रीका मैत्री चिरस्थाई है और अफ्रीका भारत की प्राथमिकता में शामिल है उच्चतम न्यायालय निर्मया दष्कर्म मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली केन्द्र की अपील पर आज सुनवाई करेगा प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा राज्य के आठ हजार किसानों को कुसुम योजना के अन्तर्गत जल्द ही दिए जायेंगे सोलर पम्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विरोध के दौरान हिंसा करना अपना अधिकार नहीं माना जाना चाहिए उन्होंने विपक्ष से नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में जनता को ग्मराह नहीं करने का आग्रह किया कल राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हए श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्ष का इस मुद्दे पर दोहरा मानदंड है सिटीजन शिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर जो प्रचारित किया जा रहा है उसको लेकर समी साथियों को खुद से सवाल प्रछना चाहिए क्या देश को मिसइंफोम करना मिसगाइड करना इस प्रवृत्ति को हम सब को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए क्या हमें ऐसे कैंपेन का हिस्सा बन जाना चाहिए किसी का राजनीतिक भला होने वाला नहीं है मानके चालिए और इसे मित बैठकर जरा सोचे कि हम सही रास्ते में जा रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर सामान्य प्रशासनिक गतिविधियां हैं जो लम्बे समय से चली आ रही हैं उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले का राजनीतिकरण किया गया है प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में लम्बे समय से चले आ रहे मुद्दों के समाधान के लिए वर्तमान सरकार द्वारा की गई पहलों के बाद इस क्षेत्र में शांति बहाल हुई है उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र विकास के मामले में देश के अन्य भागों से जुड़ गया है श्री मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने दशकों से चले आ रहे ब्र रियांग संकट पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि इसे राजनीतिक रूप से फायदेमंद नहीं समझा गया उन्होंने कहा कि बोडो समस्या का समाधान भी वर्तमान सरकार ने किया है और सभी सशस्त्र विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है श्री मोदी ने कहा कि अनुच्छेद तीन सौ सत्तर के उन्यूलन के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को आरक्षण और केंद्र सरकार की नीतियों का लाभ मिला बाद में सदन ने सर्वसम्मति से धन्यवाद प्रस्ताव पारित कर दिया

राष्ट्रपति के अमिमाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का कल लोकसभा में उत्तर देते हुए श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि समस्याओं का शीघ्रता से समाधान जरूरी है और हमारे सभी फैसले सही तथा निर्णायक होने चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर मौजूदा सरकार पिछली सरकार की तरह काम कर रही होती तो आजादी के सत्तर साल बाद मी अनुच्छेद तीन सौ सत्तर को ही निरस्त नहीं किया जा सकता था

मुस्लिम बहनों को तीन तलाक की तलवार आज भी डराती रहती राम जन्ममूमि आज भी विवादों में रहती प्रधानमंत्री ने बोडो समस्या का जिक्र करते हए कहा कि इस संबंध में पिछली सरकारों के सभी प्रयास कागजों तक सीमित रहे प्रधानमंत्री ने कहा कि बोडोलैंड के साथ हुआ मौजूदा समझौता कई मामलों में बहुत खास है इस बार के समझौते की एक विशेषता है

सारे हथियार और सारे अंजरग्राउंड लोग सरेंडर किए हैं और दूसरा उस समझौते के एग्रीमेंट में लिखा है कि इसके बाद बोडो समस्या से जुझी हुई कोई मांग बाकी नहीं रहेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठाये हैं उन्होंने कहा कि जनवरी दो हजार उन्नीस से दो हजार बीस के बीच माल और सेवाकर जीएसटी से सरकार को होने वाली आमदनी ने छह बार एक लाख करोड़ रूपये का आंकड़ा पार किया है लोकसभा ने प्रधानमंत्री के भाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि विपक्ष को पाखंड पूर्ण व्यवहार न कर सरकार के अच्छे कामों की सराहना करनी चाहिए उन्होंने कहा कि पूरे देश में एन आर सी लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है श्री जावडेकर ने कहा कि अनुच्छेद तीन सौ सत्तर अस्थाई था इसलिए इसे समाप्त किया गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बोडो समझौते पर हस्ताक्षर के बाद आयोजित समारोह में भाग लेने के लिए आज असम में कोकराझार जाएंगे पिछले महीने की सत्ताईस तारीख को इस समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे इस कार्यक्रम में चार लाख से अधिक लोगों के भाग लेने की संभावना है रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत अफ्रीका मैत्री चिरस्थायी है और अफ्रीका भारत की शीर्ष प्राथमिकता में शामिल है लखनऊ में आयोजित रक्षा प्रदर्शनी दो हजार बीस के दूसरे दिन कल प्रथम भारत अफ्रीका रक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत अफ्रीकी देशों के साथ रक्षा संबंधों को और बेहतर करने के लिए तैयार है श्री सिंह ने रक्षा प्रदर्शनी के दूसरे दिन यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा आयोजित गोष्ठी को भी संबोधित किया उन्हॉने कहा कि अमेरिका भारत रक्षा संबंध पारम्परिक ख़रीदार विक़ेता से एक सहयोगी के रूप में तब्दील हो रहा है जो इस सदी का सबसे बड़ा सहयोग साबित हो सकता है उन्होंने कहा कि अमरीका और भारत दुनिया के लिए सबसे बड़े रक्षा निर्यातकों में से हैं और इस समय भारत में रक्षा विनिर्माण क्षेत्र तेज गति से आगे बढ़ रहा है उन्होंने व्यापारिक समुदाय से ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने और भारत में निवेश करने का आग्रह किया इस बीच रक्षा प्रदर्शनी में कल भारत और रूस के बीच चौदह समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किये गये हमारे संवाददाता ने बताया है कि रक्षा प्रदर्शनी में आज तीसरे दिन का मुख्य कार्यक्रम बंधन समारोह का है जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में समझौता पत्रों पर हस्ताक्षर किए जायेंगे विभिन्न विषयों पर सात सेमिनार का आयोजन भी आज तीसरे दिन प्रस्तावित है उच्चतम न्यायालय निर्मया सामूहिक दृष्कर्म और हत्या मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली केन्द्र की अपील पर आज सुनवाई करेगा उच्च न्यायालय ने बुधवार को निचली अदालत के आदेश के खिलाफ केन्द्र की याचिका खारिज कर दी थी उच्च न्यायालय ने मौत की सजा पाये चारों दोषियों को अलग अलग के बजाय एक साथ फांसी दिए जाने का आदेश दिया था प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि राज्य के आठ हजार किसानों को जल्द ही कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंप दिए जाएंगे श्री शाही ने कहा कि इसके लिए लाभार्थी किसानों के चयन की प्रक्रिया श्रू की जा रही है श्री शाही कल चंदौली के चकिया में नवीन कृषि उप मंडी में गोदाम का शिलान्यास करने के बाद पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे श्री शाही ने कहा कि एक हजार मीट्रिक टन की क्षमता वाला यह गोदाम पूर्वांचल में सबसे बड़ा गोदाम है कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में आगामी वर्ष के लिए घोषित आम बजट में किसानों के कल्याण के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया है उन्होंने किसानों से वैज्ञानिक खेती को अपनाने की अपील की श्री शाही ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर अस्सी प्रतिशत तक छूट दे रही है उन्होंने कहा कि कृषकों को इस योजना का लाभ उठाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह ने कल सोनभद्र में नागरिकता संशोधन क़ानून के समर्थन में आयोजित बैठक में लोगों से इस कानून के विमिन्न पहलुओं के बारे में संवाद किया श्री सिंह ने कहा कि विपक्षी दल नागरिकता क़ानून के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों द्वारा इस कानून के बारे में किये जा रहे भ्रामक प्रचार से आपसी कट्ता बढ़ रही है जो किसी भी तरह समाज के हित में नहीं है श्री सिंह ने आम नागरिकों से भ्रामक प्रचार से बचने का आहवान किया इसके अलावा उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से लोगों को इस क़ानून के बारे में तथ्यात्मक जानकारी देने को भी कहा राज्य हज समिति ने हज यात्रा दो हज़ार बीस के लिए चयनित आज़मीन के लिए ज़रूरी दिशा निर्देश जारी किये हैं हज समिति के कार्यपालक अधिकारी राहुल गुप्ता ने बताया है कि प्रत्येक चयनित हज यात्री को इक्यासी हज़ार रूपये अग्रिम धनराशि के रूप में पन्द्रह फ़रवरी तक जमा करने होंगे इसके अलावा पहली क़िस्त एक लाख बीस हज़ार रूपये आगामी पन्द्रह मार्च तक जमा करने होंगे उन्होंने बताया कि इस धनराशि को एक साथ भी जमा किया जा सकता है श्री गुप्ता ने बताया कि आपेदक पेबसाइट डब्लू डब्लू डब्लू डाट हज कमेटी डाट जी ओ वी डाट इन पर जाकर धनराशि जमा करने के लिए रसीद डाउनलोड कर सकते हैं